प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ग्जरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की

उन्होंने कहाँ कि सरदार पटेल भारत मां के सच्चे सपूत थे जिन्होंने देश की छोटी छोटी रियासतों का विलय कर भारत को एकता के सूत्र में बांधा प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढते खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने की अपील की उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए विश्व समृदाय की एकता आवश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद से लडाई में हजारों मासूम लोगों की जान गई है उन्होंने देश की शांति और समृद्धि तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों से एक होने की अपील की नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों मजदूरों गरीबों और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है मुख्यमंत्री इधर प्रदेश में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्वाजंलि अर्पित की इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प समर्पण और कूटनीति से ही ये संभव हो पाया कि भारत आज एकजुट है जयराम ठाकुर ने कहा कि सरदार पटेल की सबसे बड़ी विशेषता और उपलब्धि ये रही कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से भौगोलिक विषमताओं विविध भाषाओं व परम्पराओं वाले देश को एकसूत्र में पिरोया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृशल नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक बड़ी पहल की गई है मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि देश वैश्विक महामारी कोरोना से दृढता से लड़ रहा है और इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में अवश्य ही हमारी जीत होगी मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए जयराम ठाकर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया पटेल जयंती कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शिमला में उनके छायाचित्रों पर पुष्पाजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी देश की प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहृति दी राठौर ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को एक सूत्र मेँ पिरोकर देश को मजबूत किया इस बीच कलदीप राठौर सहित प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेताओं ने रिज मैदान पर देश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसान अधिकार दिवस के तौर पर सत्याग्रह उपवास भी रखा बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व सुधारीकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांगड़ा ज़िले में नुरपूर विधानसभा क्षेत्र के लम्बानाल में जड़ा से वासा कुर्रवालां सड़क का आज भूमि पूजन किया

पठानिया ने क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने को अपनी प्राथमिकता बताया लोक अदालत चंबा जिले में आज लोक अदालतों का आयोजन किया गया इस दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के रिकवरी से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज ने बताया कि लोक अदालत का उदेश्य लोगों के समय और पैसे की बचत करना है